मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पहली जुलाई से प्रभावी होगी अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है इससे पहले राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन के बारह फीसदी की दर से मंहगाई भत्ते का भूगतान किया रहा था जो अब सत्रह फीसदी कर दिया गया है एक जुलाई से तीस सितम्बर तक तीन महींने के मंहगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान कर्मचारियों के भविष्यनिधि खाते में जमा किया जायेगा जबकि एक अक्टूबर दो हजार उन्नीस से बढ़े हुए डीए का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा प्रदेश में विधान सभा की ग्यारह सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया

विधान सभा उपुचनाव की ग्यारह सीटों के लिए एक सौ दस प्रत्याशी चुनाव मैंदान में हैं प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है उनमें लखनऊ कैन्ट सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ ँ की इग्लास कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी सीट शामिल है इनमें से रामपुर और जलालपुर विधान सभा सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं चुनाव प्रचार के अन्तिम दिन आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया

मतदान केन्द्रों में पुलिस के अलावा अर्द्वसैनिक बल तैनात किये गये हैं उधर निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान की तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है

यह फैसला दो वर्ष पूर्व मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल में बालिकाओं को प्रवेश देने के सफल प्रयोग के बाद लिया गया है सैनिक स्कूल में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने और पर्याप्त संख्या में महिला कर्मचारियों की भर्ती के लिए संबंधित अधिकारियां को निर्देश दिया गया है यह निर्णय सरकार के व्यापक समावेशन लैंगिक समानता सशत्र सेनाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्यों के अनुरूप है

राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आज लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या प्रथम दृष्टया कहरपंथियों द्वारा की गयी लगती है हालांकि किसी आतंकवादी गुट के साथ इसके संबंध की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है उन्होंने कहा कि हत्या में पांच लोग शामिल थे तीन षंडयंत्रकारियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है जबकि हत्या को अंजाम देने वाले दो अन्य लोगों की तलाश जारी है गिरफ्तार किये गये तीन युवकों की पहचान कर ली गयी है इनमें से एक मौलाना शेख सलीम कपड़े की दुकान पर दूसरा फैजान जूते की दुकान पर काम करता है जबकि तीसरा युवक राशिद अहमद दर्जी है

दो मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इक्द्वा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास की जा रही है प्रलिस महानिदेशक ने बताया कि कमलेश तिवारी के परिजनों द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में प्रदेश के बिजनौर जिले के दो मौलानाओं के नाम शामिल है तथा उन्हें भी हिरासत में लेकर प्रछताछ को जा रही है गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ के नाका हिण्डोला इलाके में कल हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी थी

मुख्य सचिव ने शिक्षा नगर विकास स्वास्थ्य एवं पंचायती राज विभाग को भेजे गये अपने परिपत्र में आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है

उन्होंने सफाई एवं कूड़ा निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर उस पर कड़ाई से अमल करने के लिए कहा है

जबकि इस हादसे में एक गर्भवती महिला गम्भीर रूप से घायल हुई है पुलिस के अनुसार यह सभी लोग हाथरस के विशाबर गाँव के रहने वाले थे और परिवार की एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद उपचार के लिए आगरा लेकर जा रहे थे इस दूर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हुई गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उधर शाहजहांपुर के थाना मदनापुर इलाके में कल देर रात एक कार ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर पलट गयी इस हादसे में कार में सवार केन्द्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार के निजी सचिव बृजेश तिवारी की मौत हो गयी वह कन्नौज से लौट रहे थे

इसके साथ ही रामलीलाओं का मंचन तथा भगवान राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित एक शोभा यात्रा भी निकाली जायेगी इस समारोह में विभिन्न देशों के चित्रकारों द्वारा बनाये गये चित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी

संगोष्ठी में परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों और भावी रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गयी इस अवसर पर परिवार नियोजन के क्षेत्र में निःस्वार्थ काम करने वाले कम्युनिटी चैम्पियन्स के कार्यो को दर्शाती हुई एक कॉफी टेबल बुक इकोस ऑफ चेंज का विमोचन किया गया संगोष्ठी में सांसद रीता बहगुणा जोशी पदेश की महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं प्रष्टाहार राज्य मंत्री स्वाती सिंह तथा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों सहित परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे

इसका उदघाटन राष्ट्रीय युवा योजना के निदेशक डॉ एसएन सुब्बाराव ने किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक सम्पर्क संचार ब्यूरो ने मल्टी मीडिया प्रदर्शनी भी लगाई है

इसमें स्कूली बच्चों तथा ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कार्यशाला में प्लास्टिक की कचरा प्रबंधन पर प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई जिसमें सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया